सीएम कोरोना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हए जानकारी दी कि इंदौर और भोपाल में कोरोना संकमण को नियंत्रित करने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई जा रही है

टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां ठप होने के कारण मजदुरों के सामने रोजी रोटी का संकट है इसलिए उन्हें तीन माह का राशन दिया गया है अप्रैल में तीन माह का राशन फिर दिया जाएगा रबी फसलों की कटाई के लिए हम पहले ही ं छूट दे चुके हैं

इसी तरह तेंदूपत्ता तोडने महुआ गुल्ली अचार चिरोंजी एकत्रित करने की छूट भी दे रहे हैं इन्हें वनोपज संघ खरीदेगा

खरगौन में उपचार के बाद ठीक हुए ललित पाटीदार ने बताया कि सतर्कता ही समाधान है

नीमच जिले के मिस्त्री अरशद अली और उनके साथियों ने कोरोना संकमण से सुरक्षा के लिए आटोमेटिक सेनीटाइजर मशीन बनाई है जो जिले के रामपुरा सिविल हॉस्पिटल को समर्पित की गई है

देवास जिले के खातेगांव में लॉकडाउन के मद्देनजर आपरेशन ढाल के नाम से एक टीम बनाई गई है जो ऑनलाईन आर्डर पर लोगो के घर घर जाकर जरूरी सामान की आपूर्ति कर रही है

खण्डवा के अशोक नगर में अंत्योदय रसोई योजना के तहत तकरीबन छह हजार लोगों भोजन वितरित किया जा रहा है

इन लोगों में कोरोना वायरस के कोई लक्षण नही पाए गए थे सीहोर जिले में लॉकडाउन के दौरान मृत्यु एवं अन्य गंभीर मेडिकल इमरजेंसी मामलों में ई पास की सुविधा शुरू की गई है

श्री मोदी ने ट्वीट कर इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

श्री नायडू ने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकारें किसानों को उर्वरक और कीटनाशकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा कृषि कार्य से जुड़ी मशीनरी भी उपलब्ध करायेगी

अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में वेब पोर्टल युक्ति का लोकार्पण किया